केंद्रीय खेल और यूवा कार्य मंत्री किरेन रिजिज् ने राज्य में खेलकूद संबंधी ब्रनियादी सुविधाओं पर कल ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओ को यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि ये तीन उत्कृष्टता केंद्र मार्शल आर्ट भारोत्तोलन और मुक्केबाजी के लिए होंगे इनमे तीन सौ खिलाड़ियों के रहने की सुविधा होंगी श्री रिजिज्ञ ने बताया कि सरकार राज्य में अगले तीन वर्ष में एस्ट्रो टर्फ मैदान के साथ बारह से पंद्रह फुटबॉल स्टेडियम भी तैयार करेगी उन्होंने घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश इस वर्ष पूर्वोत्तर युवा उत्सव की मेजबानी करेगा समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू उप मुख्यमंत्री चाऊना मेन और राज्य के खेल मंत्री मामा नातृंग उपस्थित थे

शनिवार को वन विभाग के साथ आम लोगो और छात्रो ने मिलकर राज्यभर में हजारो से ज्यादा संख्या में पौधारोपण किया पासिघाट वन डिविजन के तहत नारी वन रेंज ने शनिवार को ईमेन्एल इंगलिश अकादमी में छात्रो के साथ मिलकर वन महोत्सव का आयोजन किया इधर बंदरदेवा वन डिविजन ने पापुम पारे जिले के कारसिंगसा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय दोबाम में छात्रो को सम्मिलित कर वन महोत्सव का आयोजन किया यिंगकिंयोंग टाऊन में करीबन सात सौ पौधे लगाए गए याजाली में भी शनिवार को वन महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें पौधारोपण कार्यक्रम अभियान चलाया गया

उन्होंने कहा कि श्री राम नाईक की आत्मकथा के असमीया संस्करण से पूर्वोत्तर के लोग उनके बारे में ओर जानेंगे और उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होंगे

गॉव को साफ व स्वस्थ्य रखने की कोशिश की सराहना करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि इस तरह की कोशिश ग्रामीण इलाको में बीमारियों को रोकेंगे और गॉव को स्वच्छ और स्वस्थ्य रखेंगे उन्होंने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुले में शौच को रोकने पर भी कार्य करने पर बल दिया

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशो में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा और उसके पूर्नभरण की निगरानी करेगा मंत्रालय ने कहा कि लोगो की जानकारी के लिए इस सूचना को मुख्य स्थानो पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए इस महीने की पहली तारिख को शुरु हुए जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण के भाग के तौर पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए है यह अभियान इस वर्ष पंद्रह सितम्बर तक चलेगा हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षा जल के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा था कि इसे जन आंदोलन बनाने की जरुरत है

उन्होंने कहा कि पर्याप्त निवेश न होने की वजह से देश में रेल बुनियादी संरचना में पिछले पैसठ पर्ष के दौरान मात्र तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि यात्री और माल यातायात एक हजार पांच सौ प्रतिशत बढ़ा है वे कल पणजी में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह से अलग संवाददाताओ से बातचीत कर रहे थे रेल मंत्री ने घोषणा की कि गोआ होकर मुम्बई से मेंगलुरु तक के पूरे कोंकण रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण ग्यारह हजार करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा उन्होंने कहा कि रेलवे के विद्युतीकरण से गति बढ़ेगी और प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध कोंकण मार्ग पर प्रदूषण कम होगा रेल मंत्री ने कहा कि गोआ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल होने के मद्देनजर हुए रेल संपर्क बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है